पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पार्थिव देह का अंतिम संस्कार आज नई दिल्ली के लोदी रोड शमशान घाट में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हये प्रे सैनिक सम्मान से किया गया इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति का पार्थिव देह को सैनिक अस्पताल से राजा जी मार्ग स्थित उनके निवास पर लाया गाया राष्टप्रति राम नाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पूव प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ग्लाम नबी आज़ाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और तीनों सेनाओं के प्रम्खों सहित कई नेताओं ने श्रद्धांजलि भेंट की प्रधानमंत्री ने एक टवीट मे कहा कि प्रणब म्खर्जी को आने वाली पीढियों द्वारा भारत की उन्नति में दिये गये योगदान के लिए याद किया जायेगा जहां आम लोगों ने भी पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्वांजलि भेटे की कोविड सम्बधी दिशा निर्देश और शारीरिक दूरी को ध्यान में रखते हये उनकी पार्थिव देह को ख्ली गाड़ी के बजाये बंद गाड़ी में शमशान घाट लाया गया कोबिले गौर है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब म्खर्जी का कल सैनिक अस्पताल मे देहांत हो गया था केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रणब म्खर्जी ने देहांत पर शोक प्रकट किया है मंत्रिमंडल द्वारा पूर्व राष्ट्रपति की याद में दो मिनट का मौन रखा गया मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव मे कहा गया हे कि उनके निधन से देश ने एक विलक्षण नेता और महान सांसद खो दिया है हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व केन्द्रीय मंत्री क्मारी शैलजा ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब म्खर्जी के निधन पर द्ख प्रकट करते हये उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है उन्होंने कहा कि श्री म्खर्जी के निधन की खबर सूना उन्हें गहरी पीडा हई है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब म्खर्जी का जाना उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पर्याप्त अवसंरचना म्हैया करवा कर नष्ट्र होने वाले उत्पादों की बचत से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और इससे देश को फल और सब्जियों के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाया जा सकेगा उन्होने कहा कि ये परियोजनायें जहां कृषि सप्लाई चेन को तरतीबबद्ध करने में सहायक होगी वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के य्वाओं को रोज़गार भी देगी हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवर पाल ग्ज्जर ने आज हरियाणा पर्यटन दिवस के अवसर पर पंचकूला में कहा कि मोरनी स्थित टिक्कर ताल तथा अन्य पर्यटन स्थानों की वीडियो बना कर लोगों को इस बारे में बताया जाएगा तांकि वे प्रदेश के पर्यटन के बारे में जान सकें उन्होंने बताया कि कृष्णा सर्किट के भी सौन्दर्यकरण का कार्य किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इसी के साथ हरियाणा में एक नई पर्यटन नीति भी लाई जा रही है जिसमे प्रदेश के निवासी बाहर से आने वाले आगंत्कों को किराए पर रख सकेंगे

नोडल अधिकारी डॉ राम भगत ने दो कोविड मरीज़ों की मृत्य् होने की जानकारी भी दी है

अम्बाला जिले में भी शामली के महेश नगर निवासी एक कोविड मरीज़ की मृत्यु होने की खबर है

पंचकूला में हरियाणा प्लिस के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपियों की पहचान राजस्थान के अलवर जिले के निवासी महेन्द्र व रोजकामेव के उमदराज के रूप मे हुई है हालांकि उनके दो सहयोगी मौके फरार हो गये उनकी पहचान कर ली गई है

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान ने विवाह पंजीकरण प्रक्रिया के संचालन का अधिकार गृह विभाग के साथ साथ राजस्व विभाग के पास है और प्रत्येक विभाग के स्टीक अधिकार क्षेत्र में अस्पष्टपता है इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि इस विषय को गृह विभाग की बजाय राजस्व और आपदा प्रबंधन दवारा संचालित किया जायेगा

हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा है कि जिला रेवाड़ी के क्ड बस अड्डे के पास अवरगामी प्ल या ऊपर गामी प्ल का निर्माण किया जायेगा ताकि लोगों को परेशानी न हो